मुजफ्फरपुर में अब तक एक सौ उन्नीस बच्चों की मौत

शक्तिशाली और समावेशी भारत की सरकार की अवधारणा को किया रेखांकित

और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल

मुजफ्फरपुर में संदिग्ध दिमागी बुखार से बच्चों के बीमार पड़ने का सिलसिला जारी है आज पांच बच्चों की मौत हो गयी जिसके बाद श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा केजरीवाल अस्पताल में मृतकों की संख्या बढ़कर एक सौ उन्नीस हो गयी है राज्य में इस महीने अब तक संदिग्ध दिमागी ब्रुखार की बीमारी एईएस के कारण एक सौ पचपन बच्चों की मौत हो चुकी है इधर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन के निर्देश के बाद दिमागी ब्रखार से उत्पन्न हालात से निपटने के लिये मुजफ्फरपुर और आसपास के प्रभावित जिलों में आठ एडवांस एम्बुलेंस की तैनाती की गयी है दस बाल चिकित्सकों और पांच पारा मेडिकल स्टाफ की केन्द्रीय टीम विभिन्न जिलों में पीड़ितों की मदद के लिये कार्य कर रही है वहीं अस्पताल में बालरोग विभाग की ओपीडी में सोलह अतिरिक्त बिस्तर लगाए गए हैं मेडिकल कॉलेज के एक सामान्य वार्ड को बालरोग आईसीयू में परिवर्तित कर दिया गया है मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि केन्द्र और राज्य के अन्य जिलों से चौंतीस डॉक्टर यहां सेवा दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में डॉक्टरों और अधिकारियों की एक टीम ने एईएस से सबसे अधिक प्रभावित चार प्रखंडों का दौरा किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि लोगों की आकांक्षाओं के अनूरूप सरकार एक मजबूत सु्रक्षित संपन्न और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि यह यात्रा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ेगी राष्ट्रपति ने कहा कि पहले दिन से ही सरकार कुशासन से लोगों को हुए कष्टों को दूर करके उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि सरकार के पहले कार्यकाल का आकलन करने के बाद ही लोगों ने लोकसभा चुनाव में उसे दूसरा कार्यकाल और बड़े बहुमत के साथ सौंपा है सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब प्रत्येक किसान को देने का फैसला किया गया है उन्होंने छोटे दुकानदारों और खूदरा विक्रेताओं के लिए पेंशन योजना की प्रशंसा की इस योजना से करीब तीन करोड़ छोटे दुकानदारों को फायदा होगा संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के संबोधन की प्रति दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के साथ लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडेय के छोटे भाई संतोष पांडेय के पटना समेत तीन ठिकानों पर आज एक साथ छापेमारी की बताया जा रहा है कि एनआईए ने मुंगेर से पिछले वर्ष बरामद अत्याध्रनिक राइफल एके सैंतालीस के मामले में ये छापेमारी की है पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर स्थित पांडे निवास पर की लगभग पांच घंटे तक चली छापेमारी के दौरान एक लाइसेंसी राइफल जब्त की गई इसी दौरान एनआईए की अलग अलग टीम ने संतोष पांडेय के आरा और बक्सर के ठिकानों पर भी छापेमारी की सूत्रों के अनुसार इन दोनों ठिकानों से एनआईए को कुछ हाथ नहीं लग सका गौरतलब है कि मुंगेर जिले में पिछले वर्ष अगस्त में अत्याध्रनिक राइफल एके सैंतालीस की बरामदगी की गई थी इसी मामले की एनआईए जांच कर रही है राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाने और कुछ स्थानों पर बारिश के कारण लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली है रोहतास और शेखपुरा में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई इससे आम लोगों के साथ साथ किसानों के चेहरे भी खिल उठे इधर अरवल में भी तेज हवा के साथ हल्की बारिश से लोगों को प्रचंड गर्मी और लू से राहत मिली है गया जिले में भी बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से अधिकतम तापमान में कमी आयी है नालंदा नवादा औरंगाबाद में भी मौसम में बदलाव आया है जिससे लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है डिहरी आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानूमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान गया भागलपुर पूर्णिया समेत राज्य के अधिकांश भागों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है वहीं पटना में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया श्री कुमार ने यहां लू से प्रभावित मरीजों का हालचाल जाना और चिकित्सकों को बीमार लोगों की बेहतर चिकित्सा के निर्देश दिये मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित थे कल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं मुख्य समारोह कल पटना के कंकड़बाग पाटलिपुत्र स्पोटर्स काम्प्लेक्स में आयोजित किया जायेगा जहां राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भाग लेंगे श्री कुमार पहली बार सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे इधर मुंगेर स्थित बिहार योग विद्यालय में कल एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है नेहरू युवा केन्द्र संगठन की ओर से सभी जिला मुख्यालयों में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे वहीं विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कल के कार्यक्रम को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया योग को प्रोत्साहन देने और उसके विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दो हजार उन्नीस की घोषणा कर दी गई है इस वर्ष इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिये मुंगेर के बिहार स्कूल ऑफ योग का चयन हुआ है आयुष मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में जानकारी दी गयी है कि गुजरात के स्वामी राजर्षि मुनि लाइफ मिशन इटली की सुश्री एंटोनिएटा रोजी तथा जापान योग निकेतन को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उनासी नामांकन में से इन चार का चयन किया गया पुरस्कार के अंतर्गत ट्रॉफी प्रमाण पत्र और पच्चीस पच्चीस लाख रुपये की नकद राशि दी जायेगी गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की थी राज्य में शीघ्र ही नई खनन नीति बनायी जायेगी खनन मंत्री ब्रजकिशोर बिंद ने आज शेखपुरा में कहा कि नई खनन नीति तैयार करने के लिये विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है उन्होंने कहा कि नई खनन नीति में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने अवैध खनन पर पुरी तरह से रोक और मजदूरों के हितों को प्राथमिकता दी जायेगी श्री बिंद ने कहा कि राज्य में अवैध खनन पर पाबंदी को सख्ती से लागू करने के लिये सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं उन्होंने कहा कि बालू तथा गिट्टी की उपलब्धता आसानी से हो इसके लिये राज्य सरकार गंभीर प्रयास कर रही है नवादा जिले के सदर अस्पताल में इलाज करा रहा एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया पुलिस ने बताया कि फरार कैदी सोनू राजवंशी मारपीट के एक मामले में नवादा जेल में बंद था कल शाम उसकी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था फरार कैदी की तलाशी के लिये छापेमारी की जा रही है इधर नवादा जेल के अधीक्षक ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले चार जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया है पटना और हाजीपुर के बीच गांधी सेतु के समानांतर बने पीपा पुल पर कल से परिचालन बंद कर दिया जायेगा साथ ही कच्ची दरगाह राघोपुर पुल पर भी किसी तरह का परिचालन नहीं होगा पुल निर्माण निगम द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ये निर्णय किया गया है शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के दोस्तिया गांव में बागमती नदी में नहाने के दौरान तीन बच्चों की डूबकर मौत हो गयी जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बताया कि गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों के शव निकाल लिये गये हैं शवों का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है राज्य के पूलिस महानिदेशक गूप्तेश्वर पांडेय ने आज भागलपूर जिले के कई थानों का औचक निरीक्षण किया इस दौरान रंगरा थाने में ड्यूटी से अनुपस्थित पाये गये अवर निरीक्षक रमेश कुमार को निलंबित कर दिया साथ ही दस पुलिसकर्मियों को लाईन हाजिर कर दिया खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या इकतीस पर कंटेनर और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गयी जबकि सोलह अन्य लोग घायल हो गये

मुजफ्फरपुर में अब तक एक सौ उन्नीस बच्चों की मौत

शक्तिशाली और समावेशी भारत की सरकार की अवधारणा को किया रेखांकित

और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल